इस जिले के उद्घाटन के साथ ही अब राज्य में जिलों की संख्या चौबीस हो गई है लोअर सियांग जिले से ली गई नव निर्मित लेपा राडा जिले का मुख्यालय बासर है जिसमें तिरबिन दारी सागो और बासर समेत चार प्रशासनिक अंचल शामिल है अपने संबोधन में मुख्य मंत्री पेमा खांड्र ने कहा कि दस वर्ष पहले दो हजार आठ में पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू द्वारा लेपा राडा के नागरिको के सपनों को पूरा करने वायदा आज पूरा हो गया है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विजन स्टेटमेंट का भी अनावरण किया जिसमें लेपा राडा को एक मॉडल जिला बनाने का वादा किया गया है उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू उप मुख्यमंत्री चाउना मैन और स्थानीय विधायक गोजेन गादी भी उपस्थित थे अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना अधिकारी द्वारा गैर अनुपालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार से उनके खिलाफ सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है आयोग ने मुख्य सचिव को खेलों वन विभाग भालुकपोंग के डी एफ ओ वी के जावल के खिलाफ कार्रवाई करने और इस संबंध में ली गई कार्रवाई की सूचना को अट्ठाईस फरवरी दो हजार उन्नीस से पहले आयोग को देने का निर्देश दिया है गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा उनके समक्ष उपस्थित होने के आदेश को जानबूझकर अवहेलना करने के कारण पी आई ओ सह डी एफ ओ वी के जावल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है अपर सुबनसिरी जिला किसान सोसायटी ने कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर हाल ही में दापोरिजों के सिंगिक हॉल में गांव चलों जागरुकता सह पूर्व राबी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य लोगों को द्रस्थ गांव से दापोरिजों की ओर पलायन करने से रोकने और खेती में खुद को शामिल करके गांवों में स्व रोजगार के अवसर पैदा करना था कार्यक्रम में पूरे जिले से सौ से भी ज्यादा किसानों ने भाग लिया लोगों को संबोधित करते हुए अपर सुबनसिरी जिला उपायुक्त दानिश अश्रफ ने कार्यक्रम के विचारों की सराहना की और किसानों से स्व रोजगार के लिए स्वयं को कृषि में शामिल करने की अपील की जिला उपायुक्त ने किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने को भी कहा

संघ ने बताया कि उनका पैसा मुक्त चुनाव अभियान जहाँ भी चलाया गया वहाँ सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिला और गांवो के युवा संगठन गांव ब्रढ़ाओं और अन्य ग्रामीणों ने संघ के मिशन का सहयोग देना और इस पर कड़ी निगरानी रखने की शपथ भी ली इस अभियान का मुख्य लक्ष्य आम नागरिको को चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित करने के उपाय पर शिक्षित करना था

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासशील गतिविधियों की जानकारी देते श्री पोंग्ते ने ग्रामीणों से इलायची की खेती को अपनाने को कहा समारोह में चांगलांग पुलिस अधीक्षक जे के लेगों अतिरिक्त जिला उपायुक्त टी जेरांग और कई विभागों के अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे नाहरलगुन के राजीव गांधी स्टेडियम में चल रहे हिरो सव जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पूल ए में मेजबन अरुणाचल प्रदेश सहित ओड़िशा भी सेमी फाइनल मैच के लिए क्वालीफाइ हो गई है प्रल ए के आखिरी ग्रूप मैच में ओडिशा ने अरुणाचल को एक शून्य से हराया मैच के इक्यासी मिनट में अजय तोप्पो ने ओडिशा के लिए सभी महर्वपूर्ण गोल दागे इससे पहले दिन के पहले मैच में पंजाब ने महाराष्ट्र को तीन एक से पराजीत किया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 आज का अधिकतम तापमान अटठाईस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया